प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी के जरिए लोगों से सांझा करेंगे अपने विचार

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बताया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य को इस पद पर नियुक्ति दी जायेगी

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

आकाशवाणी डी डी न्यूज पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा

जबलपुर से भी राहत की खबर है

मुरैना जिले में भी संकमण पर धीरे धीरे रोक लग रही है

दमोह में चार नये प्रकरण सामने आये

इस अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा कोरोना संक्रमण के कारण बीमा कंपनियों और दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं से समझौता योग्य प्रकरणों को जिला न्यायालय में ई मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है

करीब ढाई हजार पुलिसकर्मी शहरभर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तैनात रहेंगे बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण चेन तोड़कर इसे पराजित करने में अपना अपना सहयोग प्रदान करें श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन से अनलॉक की स्थिति में आने के बाद जुलाई माह में कोरोना वायरस के पॉजीटिव प्रकरण निरंतर बढ़े हैं जो चिंता का विषय है वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बहनों से रक्षाबंधन को ई राखी भेजकर मनाने की अपील की है उन्होंने कहा कि बीमारी कभी जाति धर्म संप्रदाय अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होती है ग्वालियर में तीन दिन के लिए जिले की सीमाएं सील की गई है राज्य में बैतूल दमोह गुना सहित कई जिलों में आज और कल पूर्णबंदी रहेगी वहीं हर रविवार की तरह सभी जिले कल बंद रहेंगे

कलेक्टर क्मार पुरूषोत्तम द्वारा डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन को विशेष जांच अधिकारी बनाया गया है नागपंचमी नागपंचमी पर्व पर आज मनाया जा रहा है उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संकमण के कारण शहर के नागचंद्रेश्वर मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा हालांकि दर्शन के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की गई है

जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से घरों में रहकर त्यौहार मनाने की अपील की